कोविड वैक्सीन पूरी तरह स्रक्षित है टीकाकरण के लिए आगे आएं अफवाहों पर विश्वास न करे यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की द्री अभी भी जरूरी है

इस विधेयक में पेशेवर स्वास्थ्य कर्मियों की शिक्षा और उनके दवारा प्रैक्टिस करने को मानकीकृत और विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय आयोग कायम करने की व्यवसथा है विधेयक में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में नाम दर्ज कराए बिना इस तरह का कोई भी स्वास्थ्य कर्मी प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा जिन स्वास्थ्य देखभाल एंव संबध पेशों का विधेयक में उल्लेख किया गया है कि उनमे जीवन विज्ञान ट्रामा सर्जिकल और एनेसथीसिया से सम्बधित प्रौदयोगिकी फिज्ञियोथेरेपिस्ट और पोषण विज्ञान में काम करने वाले पेशेवर शामिल है लोकसभा में बहस का जवाब देते हये केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्ष वर्धन ने कहा कि इस कानून से स्वास्थ्य देखभाल से सम्बधित पेशवरों के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और उनके महत्वपूर्ण कार्यो की गरिमा बढ़ेगी देश की दस प्रयोगशालों के समूह ने कोरोना वायारस के जीनोम अुनक्रमण मे इसके कई स्वरूपों की जानकारी दी है

मंत्रालय ने कहा है कि वायरस के विभिन्न स्वरूपों में बदलाव एक प्राकृतिक घटना है और यह लगभग सभी देशों में हो रहा है

यह भुगतान किसानों के सत्यापित बैंक खातों में सीधे किया जाएगा श्री मनोहर लाल ने कहा कि अधिकारियों को किसानों को एक निर्धारित समय अवधि के भीतर खरीदी गई उपज का भ्गतान किया जाना सुनिश्चित करने को कहा गया है भुगतान में देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

हरियाणा में आज विश्व क्षय रोग दिवस पर कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इस वर्ष क्षय रोग दिवस का थीम है दी क्लोक इज टिकरिंग जिसका अर्थ है क्षय रोग के खात्मे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय कम होता जा रहा है

इस अवसर पर सभी कर्मचारियों ने अपनी अपनी सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हये क्षय रोग के खात्मे का संदेश दिया डॉ वीना सिंह ने कहा कि देश को टी बी मुक्त करवाने के लिए जन भागीदारी की जरूरत है भिवानी में इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सपना गहलावत ने क्षय रोग के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक साईकल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया वहीं पलवल में जिला रेड क्रास सोसायटी और स्वयं सेवी संगठनों को संयुक्त तत्वाधान मे तपेदिक मरीज़ों की पौष्टिक् आहार वितरित किया गया पलवल में एमवीएन विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग दवारा लोगों को क्षय रोग बारे जागरूक किया गया यमुनानगर में भी इस अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम करवाया गया जिसमें विधायक घनश्याम दास आरोड़ा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव आरती आहजा ने सभी राज्यों और केद्र शासित प्रदशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर होली शब ए बारात बिह ईस्टर और ईद केा सामूहिक रूप से मनाने पर स्थानीय स्तर पर पाबंदिया लगाने की सलाह दी है ताकि लोगों के बड़ी संख्या में एक ही जगह इकट्ठा होने पर रोक लगा सके

उन्होंने मंत्रालय दवारा जारी दिशा निर्देशों की पालना और सार्वजनिक स्थलों पर कोविड उचित व्यवहार की अनुपालना पर जोर देते हये कहा कि इस तरह की देश में कोविड के प्रसार की कड़ी को रोका जा सकता है और कोविड मामलों पर नियंत्रण् किया जा सकता है

फरीदाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग दवारा टीकाकरण अभियान के तहत अलग अलग स्थानों पर विशेष शिविरों का आयोजन किया गया रहा है

सिरसा में कृषि विभाग के उप निदेशक बाबू लाल ने कहा कि गेहं की कटाई अभी थोड़े दिनों बाद शुरू होगी और इस बारिश से मौसम में आये बदलाव से पैदावार में वृद्धि होगी वहीं कृषि विज्ञान केन्द्र अबाला के संयोजन बलवान मंडल ने कहा कि इस बरसात से किसानों को फायदा होगा क्योकिं अभी गेहूं की फसल पकी नहीं है गेहूं का दाना इस बरसात से और मोटा होगा

पुलिस प्रवकता के अनुसार गांव धौलागढ़ की रेणु को असावडा मोड़ पर ऑटो से उतरकर पैदल सड़क पार करते समय तेज रफ्तार मोटरसाइकल ने टक्कर मार दी

घायल रामकली की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई